राज्यपाल ध्वजारोहण कर पुलिस होमगार्ड एनसीसी और विभिन्न बटालियनों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी लेंगे इसके अलावा समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे

राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्व हिमाचल को आपार प्राकृतिक सौंदर्य व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आर्शीवाद प्राप्त है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और इसका श्रेय यहां के ईमानदार व परिश्रमी लोगों को जाता है

भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं इन दोनों पार्टियों के बड़े नेता भी चुनावी रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संभाल रहे हैं जबकि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्टार प्रचारक बनाया है

कल्पा में हमारे किन्नौर प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने देश के सभी नागरिकों से लोकसभा चुनाव में वोट डालने का आग्रह किया है

तब से लेकर आज तक वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं श्याम सरन नेगी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना सरल और सुरक्षित है

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और नए मतदाताओं का पंजीकरण करना है

ज़िला निर्वाचन अधिकारी युनुस ने बताया कि इन मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल दिवस आज शिमला में राज्य स्तरीय समारोह हिमाचल दस्तक का शीर्षक है गर्वनर सीएम ने दी हिमाचल दिवस की बधाई चुनाव से पहले हिमाचल में बढ़ गए सीमेंट के दाम पंजाब केसरी की एक खबर है हजार छात्रों की सरकारी स्कूलों से तौबा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं तो बच्चों को क्यों करवाएं दाखिल पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के हवाले से दैनिक जागरण की सुर्खी है कांग्रेस में मैं सबसे बड़ा धुरंघर जबकि आपका फैसला के अनुसार झूठ की राजनीति का अंत करेगी जनता आपका फैसला भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद शांता कुमार के हवाले से लिखता है अहंकार में आकर बयान दे रहे सुखराम दलित महिला का शव जलाने से रोकने के मामले में एफआईआर शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कुल्लू में सात लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज परवाणू में कैश से भरा एटीएम ही उखाड़ ले गए शातिर से जुड़ी खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है